राज्यपाल कलराज मिश्र ने जैविक पद्धति से सेब उत्पादन पर दिया बल

सेब सीज़न को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ऊपरी शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाने की सरकार से की मांग जनमंच प्रदेश के सभी जिलों में आज जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनके माध्यम से जन शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया

इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओकओवर में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को समस्यामुक्त बनाना सरकार का उद्देश्य है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सोलन ज़िले के दून में हुए जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की उन्होंने कहा कि शिकायतों के निपटारे में अधिकारियों का संवेदनशील होना जरूरी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास किया है सिरमौर जिले के गलानाघाट में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंन्द्र सिंह ठाकुर ने लोगों की शिकायतें सुनीं उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए

सांसद सुरेश कश्यप भी इस मौके मौजूद रहे चंबा ज़िले के भटियात क्षेत्र के ककीरा में शहरी विकास व आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने जनमंच कार्यक्रम में प्राप्त अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने इसे राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बताया मंडी ज़िले में करसोग के सेरी बंगलो में लोगों ने स्कूलों में अध्यापकों के खाली पद भरने की मांग प्रमुखता से उठाई

उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए

मारकण्डा ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में लोग सरकारी योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं जो इस बात का सूचक है कि सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय हो चुका है और लोग बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखते हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने हमीरपुर जिले के धंगोटा में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की इस अवसर पर करीब दो सौ शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया किन्नौर जिले के कटगांव में पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने लोगों की शिकायतों का निपटारा किया

कांगड़ा जिले के फतेहपुर में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र ने लोगों की शिकायतें सुनीं

उन्होंने अधिकारियों को फतेहपुर में रोज़गार मेला लगाने के निर्देश दिए

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि सरकार ने बंदरों को मारने की अनुमति दी है और वन विभाग को भी पेशेवर शूटर बुलाकर लोगों को राहत देने के निर्देश दिए हैं बिलासपुर जिले के घुमारवीं में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया वहीं शिमला जिले में मशोबरा के निकट कोटी में हुए जनमंच कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने जनसुनवाई की

राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने जैविक तरीके से सेब उत्पादन पर बल दिया है उन्होंने आज शिमला के निकट क्रैगनैनो स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व विस्तार केन्द्र का दौरा किया और वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की राज्यपाल ने जैविक खेती पर बल देते हुए सेब की इको फ्रेंडली किस्मों के उत्पादन को बढ़ाने का आहवान किया कलराज मिश्र ने केन्द्र परिसर में दुर्लभ वनस्पति जिंको का पौधा भी रोपा

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है और तथ्यहीन बयानबाज़ी कर रही है

उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार प्रदेशहित के लिए कार्य कर रही है और जनता कांग्रेस के दृष्प्रचार से गुमराह नहीं होगी

पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि सेब सीज़न को लेकर सरकार ने शिमला ज़िले के ऊपरी क्षेत्रों में कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए हैं और सड़कों पर घंटों जाम लग रहा है किमटा ने कहा कि इस बार सेब की रिकॉर्ड फसल हुई है लेकिन संपर्क सड़कों की खस्ता हालत से बागवानों को अपनी फसल को मण्डियों तक पहुंचाने में कठिनाई आ रही है उन्होंने सरकार से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त संख्या में कर्मी तैनात करने की मांग की है

ईद प्रदेशभर में कल ईद उल अज़्हा मनाई जाएगी शिमला ईदगाह के खतीब मौलाना मुमताज अहमद कासमी ने बताया कि ईद उल अज़्हा का दिन हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल की अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी याद दिलाता है उन्होंने सभी लोगों को ईद उल अज़्हा की मुबारकबाद दी है

इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर के कृष्णा नगर में डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया इस केन्द्र में बुजुर्गों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं

केन्द्र में इनडोर खेलों के अलावा बैठने की उचित व्यवस्था है